लोकपाल के नवनियुक्त सदस्य कल लेंगे शपथ

मतदाता परिचय पत्र प्रदेश में ड्प्लीकेट मतदाता परिचय पत्र उपलब्ध कराने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है

रायसेन से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में भी इप्लीकेट मतदाता फोटो परिचय पत्र बनाने के लिये विशेष अभियान चलाया जा रहा है इस दौरान सभी बीएलओ संबंधित मतदान केन्द्रों पर उपस्थित रहकर मतदाताओं से आवेदन प्राप्त कर रहे हैं इन आवेदनों का निराकरण कर एक अप्रैल को डुप्लीकेट ईपिक का वितरण संबंधित मतदाताओं को बीएलओ के माध्यम से किया जायेगा नीमच जिले में भी भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार डुप्लीकेट फोटो परिचय पत्र जारी करने के लिये विशेष अभियान चलाया जा रहा है उधर शहडोल में भी खराब या पुराने हो चुके मतदाता परिचय पत्रों को बदला जा रहा है गुना में भी मतदाताओं से ड्प्लीकेट ईपिक कार्ड बनवाने की मांग की गई है भोपाल सीहोर सिवनी सहित सभी जिलों में यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है सिवनी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में भी डुप्लीकेट मतदाता परिचय पत्र बनाये जा रहे हैं अभियान के तहत जिले के प्रत्येक मतदान केन्द्र पर बीएलओ तैनात किये गये हैं जो डुप्लीकेट मतदाता परिचय पत्र के लिये आवेदन प्राप्त कर रहे हैं नामांकन पत्र लोकसभा के दूसरे चरण के लिए नामांकन पत्र भरने का काम आज सम्पन्न हो गया

पर्चों की जांच कल की जाएंगी और उम्मीदवार शुक्रवार तक अपनी उम्मीदवारी वापस ले सकते हैं

इन सीटों के लिए पहले चरण में मतदान होगा इस चरण में नामांकन भरने का काम कल समाप्त हो गया

यहां ब्रहस्पतिवार तक नाम वापस लिए जा सकते हैं शपथ पत्र मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीएल कांताराव ने बताया है कि लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों को नाम निर्देशन पत्र के साथ दिये जाने वाले शपथ पत्र में किये गए संशोधन के अनुसार विदेशी बैंकों और विदेश में किये गये निवेश की जानकारी देनी होगी

उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा निर्वाचन में अभ्यर्थियों को नाम निर्देशन पत्र के साथ एक अतिरिक्त फोटो देना होगा इस फोटो का उपयोग ईवी एम में उपयोग होने वाले मतपत्र में किया जायेगा राज्यपाल राज्यपाल आनंदी बेन पटेल आज एक निद के प्रवास पर जबलपुर पहुंचीं यहां उन्होंने मेडिकल विश्वविद्यालय का भ्रमण किया और इस दौरान उन्होंने यहां चल रहे कार्यों की सराहना की चर्चा के दौरान कुलपति ने राज्यपाल को विश्वविद्यालय में स्टॉफ की कमी से अवगत कराया

विभिन्न उच्च न्यायालयों के पूर्व मुख्य न्यायाधीशों न्यायमूर्ति दिलीप बी भोसले न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती न्यायमूर्ति अभिलाषा कुमारी के अलावा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार त्रिपाठी को लोकपाल में न्यायिक सदस्य नियुक्त किया गया है सशस्त्र सीमा बल की पूर्व पहली महिला प्रमुख अर्चना रामसुंदरम महाराष्ट्र के पूर्व मुख्य सचिव दिनेश कुमार जैन पूर्व आईआरएस अधिकारी महेंद्र सिंह और गुजरात कैडर के पूर्व आईएएस अधिकारी इंद्रजीत प्रसाद गौतम लोकपाल के गैर न्यायिक सदस्य हैं इससे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द ने न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष को शनिवार को देश के पहले लोकपाल के रूप में शपथ दिलाई थी मतदाता जागरूकता लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिये इन दिनों प्रदेश में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही है देवास से हमारे संवादाता ने बताया है कि जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ श्रीकान्त पाण्डेय के मार्गदर्शन में जिले में स्वीप अभियान अंतर्गत मतदाता जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही है इसके तहत आज मतदान केंद्रवार घर घर जाकर हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की गई जिसमें मतदाताओं से हस्ताक्षर करवाकर मतदान का संकल्प करवाया गया वहीं रायसेन के बेगमगंज में मतदान केन्द्रों पर ईवीएम और वीवीपैट का प्रदर्शन किया गया इस दौरान डमी वोट डालकर लोगों को वोट डालने के तरीके से भी अवगत कराया गया उधर नीमच में जावद मनासा के ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में ईवीएम व्हीव्हीपेट के प्रदर्शन के लिए नौ दल का गठित किये गये है जो गांव गांव भ्रमण कर मतदाताओं को ईवीएम वीवीपेट के उपयोग के संबंध में जागरूकत कर रहे है गुना जिले मे मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से शासकीय महाविद्यालय चांचौडा बीनागंज के समस्त स्टाफ और छात्र छात्राओं को मतदान की शपथ दिलाई गई निवाड़ी श्योपुर जबलपुर खंडवा दमोह खरगोन सहित विभिन्न जिलों से मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जाने के समाचार मिलें हैं आरोपी आत्मसमर्पण दमोह जिले के हटा में पिछले दिनों हुई कांग्रेस नेता देवेन्द्र चौरसिया की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी चन्द्र सिंह ने आज जिला सत्र न्यायधीश के समक्ष न्यायालय में आत्म समर्पण कर दिया चन्द् सिंह पथरिया विधायक रामबाई के देवर हैं इस मामले मे हत्या का आरोप विधायक के पति गोविंद सिंह और भतीजे गोलू सिंह तथा जिला पंचायत अध्यक्ष शिवचरण पटेल के बेटे इन्द्र पाल पर है जो फिलहाल फरार हैं जिनकी तलाश मे पुलिस जुटी हुई है मौसम मार्च महीना खत्म होने से पहले ही प्रदेश में तेज गर्मी पड़ना शुरू हो गई है

वहीं खरगोन प्रदेश में सबसे ज्यादा गर्म रहा

मौसम वैज्ञानिक पीके साहा ने बताया कि दक्षिण पश्चिमी मप्र के पास ऊपरी हिस्से में चक्रवात बना हुआ है दक्षिण और पश्चिमी गर्म हवा चलने से तापमान में इजाफा हुआ है मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में गर्मी के तेवर और तेज होने का अनुमान जताया है

उनकी जगह विवेक सिंह दमोह के नये एसपी बनाये जायेंगे